विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य के अटठारह जिलों में अपेक्स बैंक की सैंतीस शाखाएं हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपेक्स बैंक की नई शाखाएं अन्य क्षेत्रों में भी खोलने की इच्छुक है लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और मानदंडो को पूरा न कर पाने के कारण नई शाखाएं खोलने में बाधा आ रही है मुख्यमंत्री ने विधायक तारिन दाकपे के सवाल के जवाब में सदस्यों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार रिजर्व बैंक से अरुणाचल प्रदेश में कॉआपरेटिव बैंक की शाखाएं खोलने के लिए नियमों में ढील देने का आग्रह करेगी

अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पसांग दोरजी सोना ने कहा है कि सदन पर्यावरण के लिए हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने का प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि परिसर में ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो स्वभाविक तौर से नष्ट हो जाएं और पर्यावरण के लिए अनुकूल हों कल चार दिनों के सत्र का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि सचिवालय परिसर में सदस्यों से पानी स्नेक्स और चाय के लिए सदस्यों से पर्यावरण के अनुकूल स्वभाविक तौर से नष्ट होने वाले थर्मों फ्लास्क और प्लेटों के इस्तेमाल करने का अनुरोध किया संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सोना ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य सरकार पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग कर सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने का प्रयास कर रही है पाप्रमपारे जिले के दोईमुख में आयोजित सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्यभर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया अरुणाचल प्रदेश राज्य बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को कम उम्र में ही बैडमिंटन खेलने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओ के लिए तैयार करना है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बारह जनवरी तक चलने वाले विश्व पुस्तक मेले में राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनोहिल्स ईटानगर के पुस्तकालय चयन समिति के सदस्य भी हिस्सा ले रहे है आर जी यू के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का दल प्रस्तक मेले में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस मेले में श्री कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कल्वर को प्रदर्शित किया जा रहा है